कांगड़ा ज़िले के देहरा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा आज से शुरू कुल्लू में आयोजित राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम बनी ओवर ऑल चैंपियन

इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फल और सब्जी उत्पादकों की सुविधा के लिए क्षेत्र में आध्निक सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कुमारसैन में बस अड्डे और पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा और ब्योरा हमारे शिमला संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से जयराम ठाकर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य की विकास जरूरतों को लेकर गम्भीर है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेष उदारता से हिमाचल प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है इस अवसर पर सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार ने उन् क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं वहीं विधायक राकेश सिंघा ने क्षेत्र की अनेक समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया भाजपा के मुख्य सचेतक व विधायक नरेन्द्र बरागटा और चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक बयान में कहा है कि सरकार से धनराशि मंजूर होने के बाद इन योजनाओं के सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है बिंदल ने उम्मीद जताई कि योजनाओं के सुचारू होने से इलाके के किसानों को इनका लाभ मिलेगा मिल्कफेड प्रदेश मिल्कफेड ने त्योहारों के सीजन में इस वर्ष सस्ते राशन की दुकानों में मिठाईयां उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है

मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक घनश्याम चंद ने बताया कि लोगों को मिलावट से बचाने के लिए मिल्कफेड द्वारा ये कदम उठाया गया है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पार्वती जल विद्युत परियोजना की सुरंग से रिसाव के चलते ये भूस्खलन हुआ है वहीं पार्वती परियोजना चरण तीन के महाप्रबंधक सीबी सिंह के अनुसार मार्ग को फिलहाल यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सपांगणी में पानी का रिसाव पिछले काफी समय से हो रहा है लेकिन इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है प्रदर्शनी महाराष्ट्र के नागपुर में हॉलीडे एक्सपो टूरिज्म एण्ड ट्रैवल प्रदर्शनी आज सम्पन्न हुई

पर्यटकों को राज्य पर्यटन विकास निगम व पर्यटन विभाग की गतिविधियों की जानकारी देने के अलावा हिमाचल के साहसिक व धार्मिक पर्यटन से अवगत करवाया गया परमार कांगड़ा ज़िले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने व उन्हें मंच प्रदान करने के लिए सुलह में खेलों के महाकुम्भ का आयोजन किया जाएगा ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह क्षेत्र के सलोह में आज एक खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की खेल सुविधाएं और आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने को वचनबद्द है विपिन परमार ने कहा कि खेलों से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने में भी खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है अनुराग ठाकुर कांगड़ा ज़िले के देहरा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल की आज से शुरूआत हो गई इस सेवा का शुभारम्भ करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक की बुनियादी ज़रूरत है और इसी उद्देश्य से ये सुविधा श़ुरू की गई है उन्होंने कहा कि इस मुहिम में एक वैन को आधुनिक चिकित्सीय सुविधा से लैस कर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट में बदला गया है

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज स्थापित करने के प्रयास कर रही है वे आज सोलन ज़िले के कुठाड़ में ओपन शूटिंग प्रतियोगिता के समापन पर बोल रहे थे

सैजल ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है बल्कि इनसे एकता अनुशासन और देशभक्ति की भावना भी आती है

इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ओवर ऑल विजेता रही जबकि महिला वर्ग में दिल्ली की टीम ने पहला स्थान हासिल किया समापन समारोह में खाद्य आपूर्ति व जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया ओंकार शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य में न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस प्रकार के खेलों से युवा नशे से दूर रहेंगे

उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से न केवल हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है बल्कि आपसी भाईचारे और अनुशासन की भावना को भी बल मिलता है बिक्रम ठाकुर ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आहवान किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस अवसर पर मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे खेल अनिवार्य है ताकि मुसीबत के समय वे अपनी रक्षा कर सकें उन्होंने कहा कि खेलों में बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं

इसमें देशभर के लेखकों उपन्यासकारों और कवियों ने प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह द्वारा राष्ट्र को दिए गए योगदान पर चर्चा की लिटफेस्ट में पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी भाग लिया विज्ञान मेला चम्बा ज़िले के भरमौर में दो दिवसीय जनजातीय विज्ञान मेला आज संपन्न हो गया

विज्ञान मेले के दौरान विद्यार्थियों ने गणित और सौर मण्डल की जानकारी हासिल की समापन अवसर पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए मौसम प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद सुबह शाम के तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी है जनजातीय इलाकों में कई जगह तापमान शून्य के आसपास दर्ज किया जा रहा है